मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से कल शाम नई दिल्ली में मुलाकात की

जयराम ठाक्र ने इस आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया मुख्यमंत्री ने एशियन विकास बैंक की सहायता से पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी केंद्रीय मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और आगामी परियोजनाओं के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया उन्होंने साहसिक पर्यटन को और मजबूत करने के लिए पर्वतारोहण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने का सुझाव दिया नड़डा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने तीन दिवसीय हिमाचल दौरे पर आज बिलासपुर पहुंचे पार्टी की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार हिमाचल आने पर उनके सम्मान में बिलासपुर के लूहणू मैदान में भाजपा द्वारा भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर जगत प्रकाश नड़डा ने अपने संबोधन में पद की जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह और केंद्रीय संसदीय बोर्ड का धन्यवाद किया

नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए धरातल पर कार्य किया है जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है सीएम समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपीनड्डा कड़े संघर्ष के बाद इस पद पर पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि जेपीनडडा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना हिमाचल जैसे एक छोटे से राज्य के लिए सम्मान की बात है

आज बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सम्मान में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा व केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि नड्डा का पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना हिमाचल के लिए गौरव की बात है अनुराग ठाक्र ने कहा कि भाजपा समाज सरकार और संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल पार्टी प्रवक्ता रणधीर शर्मा और मंत्रिमण्डल के सदस्य सुरेश भारद्वाज रामलाल मारकंडा विपिन परमार और वीरेन्द्र कंवर सहित पार्टी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे

कसौली विधानसभा क्षेत्र के एक निजी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में आज उन्होंने विद्यार्थियों से छात्र जीवन का सद्दपयोग करने और कठिन परिश्रम कर लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहने का आहवान किया राजीव सहजल ने युवाओं से हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने और स्वच्छ व स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देने को कहा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने धर्मशाला व पच्छाद उप चुनाव में मुख्यमंत्री पर सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया है आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि धर्मशाला में होने वाली इनवेस्टर मीट के लिए पूजींपति सरकारी खर्च पर लाए जा रहे है राठौर ने कहा कि राज्य सरकार की पुलिस व प्रशासन पर कोई पकड़ नही है और कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच गई है

नवरात्र नवमीं शारदीय नवरात्रों में आज माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्वियों की प्राप्ति हो जाती है नवमीं की पूजा के साथ ही आज शारदीय नवरात्र सम्पन्न होंगे नवरात्र पर्व पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और यज्ञ व भंडारों का आयोजन चलता रहा प्रदेश के पांच शक्तिपीठों सहित विभिन्न मन्दिरों में धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरूद्वारे में माथा टेका बाद में उन्होंने बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर विश्व शांति बंधुत्व और राज्य की खुशहाली की कामना की इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे इस दौरान श्री नयना देवी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जयराम ठाकुर और जगत प्रकाश नड्डा को सम्मानित किया दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा उत्सव कल मनाया जाएगा इस दौरान विभिन्न स्थानों पर रावण मेघनाथ व कुभकरण के पूतलें जलाऐं जाएंगे दूसरी ओर सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव कल भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इसका विधिवत उदघाटन करेंगे कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा मेले के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

राज्यपाल ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है उन्होंने आशा जताई कि ये पर्व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति व समृद्धि लाएगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी लोगों को दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं दी है मौसम प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की ब्रंदाबांदी जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है रोहतांग व कृंजम दर्रा सहित बारालाचा सप्तऋषि सहित सभी उंची चोटियों पर रूक रूक कर हल्का हिमपात होने से लाहौल घाटी में ठंड बढ़ रही है रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है और कुंजम दर्रे पर पथ परिवहन निगम ने कुल्लू काजा बस सेवा बंद कर दी है निगम के केलंग डिपो के अड्डा प्रभारी सोहन लाल ने बताया कि मौसम अनुकूल होते ही रोहतांग दर्रे से बसों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दोपहर बाद हल्की वर्षा हुई

कांग्रेस सेवादल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि सेवादल की टोलियां चुनाव प्रचार में राज्य व केंद्र सरकार की जनविरोधी कार्यशैली को लोगों तक पहुंचाएगी अनुराग शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और मंहगाई के मार से आम आदमी परेशान है